नई दर इस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जाएगी आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना के अनसार जुलाई से सितम्बर की तिमाही के लिए जीपीएफ और अन्य समान निधियों पर अंशदाताओं को सात दशमलव नौ प्रतिशत ब्याज ही मिलेगा यह ब्याज दर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों रेलवे और रक्षा बलों की भविष्य निधि पर लागू होगी हवाई अड्डा कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने गग्गल हवाई अड्डे के आसपास पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं की बढ़ती गतिविधियों से हवाई जहाज को होने वाले खतरे को देखते हुए कूड़ा कचरे के बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए हैं धर्मशाला में कल एयरपोर्ट पर्यावरण समिति व विमान क्षेत्र समिति की बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों पंचायतों व नगर परिषद के प्रतिनिधियों से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा उपायुक्त ने गग्गल हवाई अड्डे के आसपास स्थापित मोबाईल टावरों को दूसरी जगह बदलने और रनवे के आसपास पेड़ों की छंटाई करने के भी निर्देश दिए स्कूल सुरक्षा सिरमौर ज़िले में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आपदा से निपटने के गुर सिखाने के उदेश्य से स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है

श्रीखंड श्रीखंड यात्रा मार्ग पर पार्वतीबाग के समीप नैनसरोवर में कल शाम गलेशियर गिरने से फंसे करीब साठ श्रद्वालुओं को राहत व बचाव दल ने सुरक्षित निकाल लिया है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि आशीष शर्मा ने बताया है कि यात्रियों को पार्वतीबाग रेस्कयू सेंटर पहुंचा दिया गया है मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं

मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मॉनसून के इसी तरह सकिय बने रहने की संभावना जताई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हजारों जल रक्षकों पैरा पंप ऑपरेटरों और पैरा फिटरों के मानदेय में बढ़ोतरी पंजाब केसरी लिखता है छह हजार दो सौ जलरक्षक पांच सौ पैरा फिटर व पैरा पर ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ा

दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है आईपीएच कर्मियों पर बरसी जयराम कृपा दैनिक जागरण का कहना है ठग नहीं पाएंगी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग दिशानिर्देश मंजूर

हिमाचल दस्तक के अनुसार सोलर हीटर पर सब्सिडी बढ़ी मलबा फेंकने पर नया कानून

इसी समाचार पत्र के मुताबिक इंडियन टैक्नोमैक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर भूमि दस्तावेजों की जांच शुरू कुमारहट्टी हादसे पर दैनिक भास्कर ने खबर दी है कशर के मलबे पर बनी थी इमारत निचली मंजिल में बने सीवरेज टैंक से पानी रिसने से कमजोर होती गई नींव जबकि अमर उजाला लिखता है जांच के लिए एसआईटी गठित डीएसपी परवाणू को सौंपा जिम्मा